अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्यकर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा

इस मौके पर वे ई ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल एप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल में ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से विचार साझा करेंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों प्लाज़मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की सहमति दे दी है राज्य में कोरोना संक्रमित आठ मरीजों के ठीक होने से इस दिशा में उम्मीद की किरण नजर आई है

राज्य के ब्लड बैंक और निजी अस्पताल स्वेच्छा से निषुल्क प्लाज्मा के संग्रह संरक्षण और भण्डारण के लिए आगे आये है

संक्रमण के फैलाव में कुल मिलाकर सामान्य और स्थिर रूप से वृद्धि हुई विशेष स्तर पर केन्द्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी

इधर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट की जानकारी दी

रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे लोगों के फोन कॉल पर उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये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

इसके तहत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशल्क अनाज और नकदी के भूगतान की घोषणा की थी

प्रवर्तन निदेषालय की विषेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बीस करोड़ इकतीस लाख के मनी लाउडरिंग मामले में सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अदालत ने पूर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेष दिया है ईडी की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में इक्कीस मार्च को दोषी करार दिया था इस सिलसिले में इक्तीस मार्च को सजा सुनायी जानी थी लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया इसे एन सी ई आर टी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशन में तैयार किया है

झारखंड में आज कोरोना के कुल चार नये मामले सामने आए हैं

रिम्स में आये सैम्पल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है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

इधर मंगलवार के बाद आज भी चार संक्रमितों के ठीक होने की खबर आई है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज सवेरे ट्वीट कर इसकी सूचना दी है

लोग खाते में भेजी गई राशि से गैस की बुकिंग कर होम डिलीवरी गैस का आवंटन प्राप्त कर रहे हैं

रामगढ़ के कई गांव के किसानों के खेत में लगे सब्जी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी हैं इधर खूंटी में तेज आंधी के कारण खूंटी कर्रा सड़क मार्ग पर कई पेड़ दूटकर गिर गये और कई क्षेत्रों में बिजली के खंभे भी टूट गये

लॉकडाउन के दौरान किसानों को सब्जी बेचने में हो रही परेषानी को गिरिडीह जिला प्रषासन ने गंभीरता से लिया है किसानों ने जिला प्रषासन से पुलिस द्वारा सब्जी बेचने के लिए शहर में नहीं जाने देने का आरोप लगाया है

राज्य का यह पहला जिला बना जहां आंगनबाडियों को जोडा गया है समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा विधायक दीपक बिरुवा विधायक सुखराम उराव विधायक सोनाराम सिंकु और विधायक निरल पूर्ति ने एक साथ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस सेवा का शुभारंभ किया और अब संक्षिप्त खबरें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की है

रांची महानगर कांग्रेस कमिटी अनुसूचित जाति विभाग के चौयरमैन श्री राजू राम के द्वारा आज कोकर खोरा टोली मे दैनिक मजदूरों के बीस राषन वितरण किया गया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चतरा इकाई असहाय और गरीबों को जनता रसोई के माध्यम से तीनों वक्त भरपेट भोजन करा रही है